सरकार दवारा ए पी एस एस बी मामले में उठाए गए कदमों पर संतोष जताते हुए भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त निगरानी प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया अपने जवाब में मुख्यमंत्री पेमा खांड्र ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले की उच्चस्तरीय जांच के लिए दो वरिष्ठ अधिकारियों की समिति गठित की है जो इक्कीस दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी राज्य विधानसभा में आज कई सदस्यों ने य्वाओं में बढ़ती नशे की लत पर चिंता जताते हए सरकार से जल्द कदम उठाने का आग्रह किया कांग्रेस विधायक निनोंग इरिंग ने कहा कि मादक पदार्थो की तस्करी में लिप्त असमाजिक तत्वों के खिलाफ प्लिस और राज्य स्वास्थ्य विभाग को सख्त कदम उठना चाहिए गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने कहा कि पुलिस विभाग का नारकोटिक सेल राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए सभी हितधारकों को एक जूट होकर प्रयास करना चाहिए

इस बार के बजट में दूर दराज के इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है वित्तमंत्री ने कहा कि आजिविका पर आधारित योजनाओं पर बल देने के लिए बजट में आवंटन किया गया है उन्होंने कहा कि वर्ष दो हजार पंद्रह में भारत में सत्रह सतत विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया गया है श्री चाउना मैन ने पहली बार बाल बजट पेश करते हए उनके कल्याण के लिए बजट आवंटन किया है इस बार के बजट में कृषि और इससे संबंद्ध क्षेत्रों शिक्षा साईबर क्राईम से निपटने के लिए प्लिस म्ख्यालय में सेल को मजबूत करने राजधानी ईटानगर जिला और अंचल मुख्यालयों के अलावा गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है वित्तमंत्री ने साहसिक खेलों के विकास के लिए भी राज्य सरकार के प्रतिबद्धता के अन्रुप बजटीय आवंटन किया है राज्य विधानसभा में कल कई सदस्यों ने गैर अरुणाचली के साथ राज्य की महिलाओं की शादी के बाद उनके बच्चों को ए पी एस टी सर्टिफिकेट जारी किए जाने पर चिंता जताई है इस मुद्दे पर संक्षिप्त चर्चा में हिस्सा लेते हुए राज्य सरकार से इस मामले में जल्द प्रदेश के सभी सामाजिक संगठनों के साथ विचार विमर्श कर ठोस कदम उठाने की मांग की है विधायक न्यामार कारबाक ने कहा कि किसी भी देश या राज्य में विवाह करना व्यक्ति का अधिकार है लेकिन अरुणाचल प्रदेश के मूल निवासियों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी नीति जरुरी है राज्य के समाज कल्याण मंत्री आलो लिबांग ने कहा कि सरकार सभी सदस्यों के स्झावों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठायेगी तिराप जिले के न्यू पानिद्रिया नाईतोंग बोगापानी के तहत पड़ने वाले बोरद्रिया गांव स्थित आरक्षित वन में कथित तौर पर बड़े पैमाने में अवैध लकड़ी कटाई पर कल विधानसभा में कांग्रेस विधायक वांगलिन लोवांगडोंग द्वारा उठाये सवाल का जवाब देते हए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि लोंगडिंग जिले के तीन लकड़ी उद्योग की स्टॉक और प्रासंगिग रिकॉर्ड का सत्यापन नही करने से पहले संबद्ध उद्योग की कामकाज को रोकने का निर्देश दिया गया है उन्होंने बताया कि इन तीन उद्योग के लाईसेस को वन विभाग ने जब्त कर लिया है श्री खांडू ने बताया कि वन विभाग इस विषय पर जांच पड़ताल करेंगे कि कैसे उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश की अवहेलना कर लकड़ी उद्योगों को स्थापित किया गया उन्होंने कहा कि कोई च्क पाई गई तो अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जायेगी

इसमें वर्ष दो हजार बीस इक्कीस में बजट के सभी प्रावधानों और राज्य सरकार के विकास कार्यक्रमों का विवरन उपलब्ध होगा डिजिटल इंडिया के तहत सरकार के कार्यक्रमों की पहुंच जन जन तक पहुंचाने के लिए इस वेबसाईट का श्भारंभ एक महत्वपूर्ण कदम है इस अवसर पर वित्तमंत्री चाऊना मैन ने राज्य बजट पर संवाददाताओं द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता और राज्य के संसाधनों से प्राप्त होने वाले राजस्व के आधार पर सभी क्षेत्रों और सभी वर्गो के विकास के लिए बजट में प्रावधान किया गया है

बैठक में अन्य गणमान्य लोगों सहित म्ख्यमंत्री पेमा खांडू और उपम्ख्यमंत्री चाउना मैन भी शामिल थे इस दौरान राज्यपाल ने दोषरहित राज्य सेवा परीक्षा करवाने पर बल दिया